गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोविड उन्नीस का अब तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि देश पूरी बहादुरी के साथ इस महामारी से संघर्ष कर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है साउंड बाईट कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है

सरकार के साथ साथ एक सौ तीस करोड़ की यह आबादी सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा है एक जन एक मन एक राष्ट्र के सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खडे हैं डटकर लड़ रहे हैं कहीं डर का माहौल नहीं है और मैं आज देश के गृहमंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सुरक्षाबलों का भी बहुत बड़ा योगदान है आज ग्रुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने कहा कि यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि एक अरब तीस करोड की जनसंख्या वाला भारत जैसा विशाल देश इस महामारी का मुकाबला कैसे करेगा लेकिन अब दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस महामारी से सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष केवल सरकार ही नहीं कर रही है बल्कि देश के हर नागरिक की इसमें भागीदारी है प्रदेश के तीन जिलों गया सहरसा और अररिया में भी आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है अररिया में आठ दिन सहरसा में पांच दिन जबकि गया में अगले आदेश तक पूर्णबंदी जारी रहेगी लॉकडाउन के दौरान सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेंगी इस दौरान आवश्यक सेवायें जारी रहेंगी ऑनलाइन खरीददारी की जा सकती है सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यो के लिए ही प्रयोग किये जा सकेंगे इधर नवादा में लॉकडाउन को तीन दिन और बढ़ाकर पंद्रह जुलाई और बक्सर में सत्रह जुलाई कर दिया गया है जबकि सुपौल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि तीन दिन और बढ़ाकर पंद्रह ज़ुलाई कर दी है वहीं सीतामढ़ी जिले में कल से बीस ज़ुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गयी है राज्य में आज कोरोना के रिकार्ड एक हजार दो सौ छियासठ नए मामलों की प्रष्टि हुई है इस के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर सोलह हजार तीन सौ पांच हो गयी है पटना में सबसे अधिक एक सौ सतहत्तर मामले दर्ज किये गये हैं सीवान में अंठानवे भागलपुर में इक्यासी नालंदा में अठहत्तर नवादा और बेगूसराय में छिहत्तर छिहत्तर मुजफ्फरपुर में बहत्तर मुंगेर में इकसठ पश्चिमी चंपारण में चौवन सारण में सैंतालीस कटिहार में छियालीस भोजपुर में चालीस गया में चौंतीस और रोहतास तथा लखीसराय में उनतीस उनतीस मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ सौ बासठ मरीज ठीक हुए हैं अब स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार नौ सौ तिरपन हो गयी है विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर तिहत्तर प्रतिशत से अधिक है वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार दो सौ छब्बीस है वहीं कोरोना से राज्य में अब तक एक सौ पच्चीस लोगों की मृत्यु हुई है शेखपुरा में पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद विभाग के सभी अभियंताओं और कर्मियों का सैंपल जांच के लिये लिया गया है नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है सिविल सर्जन डॉ विमल प्रसाद सिंह ने कहा कि वायरल फीवर से ग्रस्त जिला पदाधिकारी को एहतियात के तौर पर पटना ऐम्स में भर्ती कराया गया है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये राजधानी पटना के एम्स में कल से कोरोना की दवा का परीक्षण शुरू होगा एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि दवा का परीक्षण अठारह से पचपन साल के स्वस्थ महिला और पुरूषों पर किया जायेगा इसके लिये पांच सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का भी गठन किया गया है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पांच लाख चौंतीस हजार को पार कर गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में उन्नीस हजार से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर बासठ दशमलव नौ तीन प्रतिशत पर पहुंच गई है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या दो लाख बयालीस हजार से अधिक हो चूकी है मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है इधर पिछले चौबीस घंटे में देश में कोविड से संक्रमित अठाईस हजार छह सौ सैंतीस नये रोगियों का पता लगा है इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या आठ लाख उनचास हजार से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए दो लाख अस्सी हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है इसके साथ ही देश में अब तक कुल एक करोड़ पंद्रह लाख सत्तासी हजार नमूनों की जांच हो चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोविड उन्नीस मरीजों के उपचार के लिए सभी थेरैपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में करायें जहां रोगियों पर निगरानी रखी जा सके मंत्रालय ने मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश करते हुये कहा है कि कोरोना संक्रमित अस्सी प्रतिशत रोगियों में मामूली संक्रमण होता है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड उन्नीस के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब दवा के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है क्लीनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए साल दो हजार बीस इक्कीस में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में तीन से पांच प्रतिशत की बढोत्तरी करने का निर्णय किया है इससे राज्यों को चार लाख अठाईस हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यापारों को बिना गारंटी वाले ऋणों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर बिहार में भारी बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सुपौल और शिवहर के निचले इलाकों में पानी फैल गया है बागमती और अधवारा समूह की नदियां पूरे उफान पर हैं सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में लखनदेई नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है वहीं चोरौत प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर चार फीट से ऊपर बाढ़ के पानी का बहाव हो रहा है जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बागमती नदी जिले के सभी पांच स्थानों पर खतरे के निशान से एक से ढाई मीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से शिवहर मोतिहारी पथ पर बेलवा के पास सड़क संपर्क भंग हो गया है लोग आवागमन के लिये नावों का सहारा ले रहे हैं पिपराही प्रखंड के बेलवा घाट के किनारे बसा नरकटिया गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर गया है मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है तटबंधों को सुद्रढ़ करने के लिये जल संसाधन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है गंडक नदी में उफान से पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर चकदहवा के झंडू टोला और बिन टोली सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है दरभंगा में बागमती कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से तट के किनारे स्थित गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है घनश्यामपूर प्रखंड के कई गाँवों मे पानी प्रवेश करने पर लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली है कुशेश्वरस्थान प्रखंड के भी कई गाँव बाढ़ के पानी से धिर गये हैं जिलाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं इधर कटिहार जिले में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से महानंदा गंगा बरंडी और कोसी नदियों के जल स्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है महानंदा नदी झौआ बहरखाल आजमनगर धबोल और कुर्सेल में खतरे के निशान से लगभग बीस से बाईस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में रामायणपुर में बारह सेंटीमीटर और काढ़ागोला में लगभग तेईस सेमी की वृद्धि दर्ज की गई है साथ ही कोसी नदी डुममर में पंद्रह सेंटीमीटर ऊपर है वहीं महानन्दा नदी के जलस्तर में व्रद्धि से जिले के आजमनगर प्राणपुर बारसोई कदवा बलरामपुर और अमदाबाद प्रखंड के करीब दो दर्जन से अधिक पंचायतों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है प्रदेश में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से कई भागों में मध्यम से भारी वर्षा रिकार्ड की गयी है पटना स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान गलगलिया में सबसे अधिक सोलह सेंटीमीटर बारिश हुई है वहीं ठाकुरगंज में चौदह सेंटीमीटर जयनगर और उत्तरी कटिहार में दस दस सेंटीमीटर त्रिवेणीगंज किशनगंज में नौ नौ सेंटीमीटर बेनीबाद में आठ सेंटीमीटर तैयबपुर में सात सेंटीमीटर और बहाद्रगंज अररिया पूर्णिया तथा फारबिसगंज में छह छह सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है अगले चौबीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जतायी गयी है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं साउंड बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि यह वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छिकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गूप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है

टिशु पेपर रखे रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करें

जब हम खांसते छिकते हैं तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उनका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान में पांच जुलाई से अब तक बारह लाख सतहत्तर हजार रूपये से अधिक जुर्माने की राशि वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पच्चीस हजार पांच सौ इकतालीस लोगों से जुर्माना वसूला गया है वहीं अनलॉक टू के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में लगभग दो करोड़ तीन लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है जबकि सात हजार चार सौ इकसठ वाहन जब्त किये गये हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की नौंवी बटालियन की ओर से पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखने के उददेश्य से पटना के बिहटा स्थित कैंपस में वृक्षारोपण किया गया इधर सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बटालियन मुख्यालय में व्रक्षारोपण कार्यक्रम के तहत चार हजार से अधिक पौधे लगाये अरवल जिले में सोन नदी में स्नान के दौरान डूबने से चार बच्चों की मौत हो गयी सभी मृतक अरवल जिले के मल्हीपट्टी गांव के बताये गये हैं वहीं अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड के पकरी गांव के लोहदरा नदी के कदम घाट पर एक युवक तेज धार में बह गया ग्रामीणों की ओर से युवक की तलाश जारी है कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने तीन वर्षो से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात बाईस पुलिस अवर निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया है समस्तीपुर में पुलिस की ओर से एक सौ दो एम्बुलेंस चालक की पिटायी के विरोध में सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं जिससे एम्बुलेंस सेवा ठप्प हो गयी है